सेना की विज्ञप्ति में कहा गया है कि गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया जारी है लेकिन इसी दौरान झड़पों में दोनों पक्षों के सैनिक हताहत ह्ए हैं सेना ने कहा है कि स्थिति को गंभीर होने से रोकने के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस समय बातचीत कर रहे हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रम्खों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस बारे में जानकारी दी

उन्होंने कहा कि समय पर की गई सरकार की तैयारी से देश को कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली

उन्होंने हरेक व्यक्ति से आग्रह किया कि वह मास्क का इस्तेमाल दो गज की दूरी और साब्न से हाथ धोने सहित सभी आवश्यक एहतियाती उपायों का पालन करें श्री मोदी ने सरकार के ऐतिहासिक स्धारों और कृषि अर्थव्यवस्था को बढावा देने का भी जिक्र किया म्ख्यमंत्रियों से बातचीत में पीएम ने कहा कि किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उससे भी किसानों को बहत लाभ होगा इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे उनकी आय बढ़ेगी और स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो न्कसान होता था उसे भी हम कम कर पाएंगे पीएम मोदी ने कहा कि लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है उसका भी लाभ हर राज्य को होगा इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक हर जिले में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट हम देश और द्रनिया के बाज़ार में उतार सकते हैं

इधर अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल चार नए मामले सामने आएं है जिनमें चांगलांग से दो और तिरप और वेस्ट कामेंग से एक एक मामले हैं यह सभी मामले संस्थागत क्वारेंटिन केंद्रों से है और इनमें कोरोना संक्रमण के कोई भी लक्षण मौजूद नहीं थे राज्य में अबतक कोरोना संक्रमण के क्ल अट्टासी सक्रिय मामले हैं जबकि सात अन्य लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं

तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स के चीफ मेडिकल स्परिटेंडेंट हागे अंबिंग ने बताया कि राज्य में अबतक कोविड पॉजिटिव के सभी मामले एसिम्टमेटिक यानि बिना किसी लक्षण के है और उनका प्रभावी इलाज किया जा रहा है